श्री मोदी वीडियो कांफ्रेंन्स के माध्यम से देश में कोरोना महामारी से निपटने के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे

बीसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना और बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना से अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध हो सकेगा

उन्होंने बताया कि बीसलपुर जयपुर परियोजना से जयपुर शहर और बाहरी क्षेत्र की आमेर जगतपुरा जामडौली सहित कॉलोनियों को लाभ मिलेगा

हालांकि नये मरीज मिलने का सिलसिला भी लगातार जारी है

पांच मरीज अन्य राज्यों के भी मिले है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की है

समग्र भंडार में एक बडा हिस्सा विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों का होता है

परिवहन आयुक्त रवि जैन ने बताया कि एक बारीय कर ग्रीन टेक्स मोटर वाहन कर यात्री यान मोटर वाहन कर माल यान इनके अधिभार सभी प्रकार की फीस और शुल्क का भुगतान इस पोर्टल के माध्यम से ही होगा उन्होंने बताया कि अब ये सुविधाएं ई ग्रास पोर्टल के माध्यम से नहीं दी जाएगी श्री जैन ने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने से आमजन को आरटीओ और डीटीओ कार्यालय में चक्कर नहीं लगाने पडेंगे साप्ताहिक और राजकीय अवकाश के दिन भी इन सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकेगा

बोर्ड अध्यक्ष डॉ डीपी जारोली ने बताया कि ऐसे नेत्रहीन और विशेषयोग्यजन परीक्षार्थी जो लिखने में असमर्थ है उन्हें बाकी परीक्षाएं नहीं देनी पडेगी इन परीक्षार्थियों का पहले ली गई अन्य परीक्षाओं में प्राप्त औसत अंकों के आधार पर परिणाम जारी किया जाएगा

कभी तापमान में अप्रत्याशित बढोतरी से गर्मी का असर तेज हो जाता है तो कभी बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है कल शाम राज्य के कई स्थानों में अच्छी बारिश हुई जालोर जिले के भीनमाल जसवंतपुरा और रानीवाडा क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई

बाडमेर में भी शाम ढलने के बाद तेज बारिश होने के समाचार है